प्राधिकरण ने केंद्र सरकार राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों के सभी मंत्रालयों और विभागों को देश में लॉकडाउन के उपायों को जारी रखने के लिए कहा है तालाबंदी का तीसरा चरण आज रात समाप्त होगा

साथ ही सभी से गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा है कोरोना शिक्षा सरकार ने कोरोना माहामरी के कारण लॉकडाउन से स्कूल एवं कॉलेजों के बन्द होने से पढ़ाई नही होने की वजह से अब ऑनलाइन तथा डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिये पीएम ई विद्या योजना बनाई है इससे देश के सौ विश्वविद्यालयों को शामिल किया है तथा हर क्लास के लिये एक चैनल खोलने का फैसला किया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नईदिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आत्मनिर्भर भारत अभियान की योजना का खुलासा करते हुए यह जानकारी दी

कोरोना देश देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उत्तरोत्तर बढ़ते मामलों के बीच एक स्खद तथ्य यह भी है कि इस बीमारी से निजात पाने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है देश के विभिन्न राज्यों में एक दिन में ही करीब पांच हजार नये मामले सामने आए हैं वहीं इसी अवधि में सर्वाधिक लगभग चार हजार मरीज ठीक ह्ए हैं

देवास में आज फिर पांच नये मरीज सामने आये है

जिला चिकित्सालय में कोरोना के इलाजरत तीन मरीजों में से दो मरीज स्वस्थ होने के बाद घर पहुंच गये हैं

इस दौरान बाजार में द्काने बंद रहीं केवल दूध ब्रेड व एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई के लिए क्छ छूट रही

शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली पर रोक लगाने को कहा है

अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को किया जाता है इसमें उन खबरों को शामिल किया जाता है जो सकारात्मक हैं और समाज को दिशा देने में सहायक हैं

दद्दा जी लीवर और किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं

छत्तीसगढ़ के पूर्व म्ख्यमंत्री अजीत जोगी अभी भी कोमा में है

समाजवादी नेता रघु ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए जा रहे राहत पैकेज पर कहा कि सरकार के लिए कोरोना निजीकरण के लिए एक बहाना बन गया है